प्रधानमंत्री ने नागरिकों के फिट रहने पर दिया जोर कहा फिट देश ही हिट होता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार कृतसंकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व और प्रसन्नता से भर देती है आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश की लोगों के प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परम्पराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो छुटपाथ पर अपनी पेन्टिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया आज वो ना केवल आत्मनिर्मर है बल्कि उन्होंने ख़द का एक घर भी खरीद लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हुनर हाट में कई शिल्पकारों से बात करने का मौका मिला उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर मिले हैं श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ऐसी प्रदर्शनियों में जाकर महिला शिल्पकारों द्वारा तैयार उत्पादों को खरीदना चाहिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों के फिट रहने पर बल देते हुए कहा कि फिट देश ही हिट होता है उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहसपूर्ण खेलों के लिए असीमित अवसर हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार ही किसी साहसपूर्ण गतिविधि को चुनें श्री मोदी ने कहा कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों को साहस और इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है इस सिलसिले में उन्होंने मुरादाबाद ज़िले के हमीरपुर गाँव में रहने वाले सलमान की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा सलमान जन्म से ही दिव्यांग है उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया साथ ही ये भी निश्चय कियाा कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे सलमान ने अपने ही गाँव में चप्पल और डिटरजेन्ट बनाने का काम शुरू कर दिया

खास बात ये है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी अब ये सब मिलकर मैनुफैक्वरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी प्रधानमंत्री ने बारह साल की काम्या कार्तिकेयन का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने माउंट एगोनकागुआ को फतेह कर के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की यह दक्षिण अमरीका में एक पर्वत श्रंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग सात हजार मीटर है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लगातार रूचि बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने इसरो के यूवा विज्ञानी कार्यक्रम यूविका का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंघान के अनुरूप है प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले महीने लद्दाख की खूबसूरत वादियां एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनीं लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के विमान एएन बत्तीस ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास रचा गया इस उड़ान में प्रयोग होने वाले ईंधन में दस प्रतिशत इंडियन बायो जेट ईंधन का मिश्रण किया गया था प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि नये भारत की हमारी मातायें और बहनें उन चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं जिनसे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है खासतौर पर न्यू इंडिया की हमारे बहने और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही है जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है श्री मोदी ने देशवासियों को आगामी त्यौहारों होली गुड़ी पड़वा नवरात्रि और रामनवमी की बधाई दी

अमरीकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिये अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति में मंच साझा करेंगे अमरीकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान आगरा भी जायेंगे जहां उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीकी राष्ट्रपति के खागत में आगरा की सड़कों को भव्य तरीके से सजाया गया है दीवारों पर पेंटिंस बनायी गयी हैं और शहर में हर ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के होर्डिंग लगाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वागत को लेकर उत्सुक है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिये यह सम्मान की बात है कि अमरीकी राष्ट्रपति भारत आयेंगे

मुख्यमंत्री कल अयोध्या के सूर्यक्ंड में आरोग्य मेले के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह तक राज्य में केवल बारह मेडिकल कालेज थे प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन वर्षो में अट्ठाइस नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं उनके लिए भी सरकार नीति तैयार कर रही है मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले में नौनिहालों को टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पोलियोरोधी दवा भी पिलायी प्रदेश के चार हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस माह से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के फैसले के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे श्री योगी फटिक शिला सुग्रीव किला और हनुमानगढ़ी भी गए मुख्यमंत्री ने रामजन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन किये इस दौरान वे अयोध्या के संत प्रमुखों से भी मिले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक साल पूरा हो रहा है पिछले वर्ष चौबीस फरवरी को लागू की गई इस योजना का मकसद देशभर के किसान परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छह हजार रूपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं शुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझोले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत अब तक पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है वहीं इस योजना से अब तक आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा मिल चुका है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की विशेषताओं से रूबरू करा रहे हैं आज जानते हैं मेघालय में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्यौहारों के बारे में मेघालय में रहने वाले खासी जयांतिया और गारो समुदाय के लोग साल में कई त्यौहार मनाते हैं अधिकांश त्यौहार धार्मिक अवसरों पर मनाए जाते हैं मेघालय के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं का पांबतांग नॉगखेम शाद मिनसीम बेहदीनखलम और वांगला का पांबलांग नॉगखेम खासी समुदाय का एक खास धार्मिक त्यौहार है इसे नॉगखेम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है यह त्यौहार हर साल राजधानी शिलांग के पास स्मित नाम के गांव में मनाया जाता है शाद मिनसीम भी खासी समुदाय के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है बेहदीनखलम जयातिया समुदाय का सबसे खास त्यौहार है यह त्यौहार आमतौर पर जुलाई में जयातिया पहाड़ियों के बीच बसे जोवई करवे में मनाया जाता है वहीं गारो समुदाय के लोग अपने आराध्य सूर्यदेव के सम्मान में अक्टूबर नवम्बर में वांगला त्यौहार मनाते हैं यह त्यौहार एक सप्ताह तक चलता है बस्ती जिले में कुआनो नदी के बारह छत्तर घाट पर पुल का निर्माण कराया जाएगा बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि कुआनो नदी पर बनने वाले इस पुल की कुल लागत चौदह करोड़ रुपए आएगी और इसका निर्माण एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा पुल बनने के बाद बस्ती जनपद का बभनान गौर हलवा क्षेत्र बस्ती जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिम्मन लाल जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चिम्मन लाल जैन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे और स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था